मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कोरोना से लोगों की रक्षा के लिए सरकार नहीं आने देगी संसाधनों की कमी

इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सकिय और समावेशी ज्ञान केन्द्र बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे

श्री जावडेकर इस वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे

हलांकि कई बडे और प्रसिद्ध मंदिर कोरोना संकमण के बढते मामलों को देखते हुए नहीं खोले जा रहे है आज खुल रहे मंदिरों के लिए प्रबंधन समितियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है करौली जिले का कैलादेवी और मदनमोहन जी मंदिर आज से दर्शनार्थियों के लिये खुल गये है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और उन्हें मजबूत बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार के लगातार प्रयासों और सतर्कता से प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में कोविड की जांच और उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया है श्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है

श्री गहलोत ने कहा कि हमने यह व्यवस्था भी की है यदि सरकारी अस्पतालों में बेड पूरी तरह भर जाये उस स्थिति में निजी अस्पतालों में भी कोविड रोगियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए ये व्यवस्था भी की है कि जिन रोगियों की स्थिति गंभीर नहीं है उन्हें वे निर्धारित दरों पर नजदीकी होटल में रख सकते है ताकि अस्पतालों में गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी नहीं रहे

कोरोना के बढते मामलों और राज्य सरकार के आग्रह पत्र के बाद आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है

योजना में अब विनिर्माण और सेवा इकाईयों के लिए कंपोजिट ऋण के साथ अकेले सावधी ऋण को भी ब्याज अनुदान के लिए पात्र माना हैं